स्टार्टअप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि नवोद्योग ने कोरोना महामारी के दौरान सेनेटाइजर्स और पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने विपरीत परिस्थिति में अवसर तलाशने और आपदा के दौरान विश्वास पैदा करने की स्टार्टअप की भावना की सराहना की प्रधानमंत्री ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये के स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की टीकाकरण कार्यक्रम समीक्षा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो गई है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच महीनों से तैयारियां चल रही थीं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया गया कि देशभर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं कोविड टीकाकरण भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दृष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बारह राज्यों में पहंचाई गई सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के पास बहुत कम समय में कोरोना के दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें उत्तराखण्ड टीकाकरण अभियान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आमजन से अपील की है कि वे टीकाकरण के बारे में किसी प्रकार के भ्रामक प्रचार और अफवाहों पर ध्यान न दें क्योंकि यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और देश को महामारी से बचाने का एक कारगर उपाय है देहरादून में टीकाकरण के शुभारम्भ के अवसर पर उन्होंने यह भी अपील की कि टीकाकरण के साथ साथ कोविड से बचाव के उपायों पर निरन्तर अमल करना होगा

अपने दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुँचे पर्यटन मंत्री ने जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट योजना से जोड़कर पर्यटक गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने की बात भी कही

इस दौरान श्री रावत ने कहा कि सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाओं सड़क बिजली पानी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है

प्रदेश में आज प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक योजनाए बनाई जा रही है जिसका उदाहरण सूर्याधार झील है जो अब बनकर तैयार है इसकी मदद से जहां लम्बे समय तक पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी वहीं करोड़ों रूपये की बिजली बचत भी होगी

साहित्य गौरव सम्मान केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को उनके लेखन और साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है यह पुरस्कार हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की ओर से राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया

उन्होंने विधायक सांसद मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री रहते हुए भी आपने साहित्य सेवा के प्रति अपना समपर्ण सिद्ध किया है

मौसम राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन कोहरा परेशान कर सकता है

कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है मौसम विभाग ने यातायात के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है इस बीच आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाये रहे कैच द रेन ऊधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने जिला स्तरीय आइये बारिश की हर बुंद को बचाएं कैच द रेन परियोजना का शुभारम्भ किया इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ते जल संकट और भविष्य की चुनौतियो को देखते हये बारिश के पानी का संग्रहण और संरक्षण को लेकर प्रशासन गंभीर है उन्होंने कहा कि आज जल संरक्षण और अधिक काम करने की जरूरत है ताकि बारिश के पानी का संग्रहण किया जा सकें

इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रतीक सक्सेना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया साथ ही उपस्थित अधिकारियों और नेहरू युवा केन्द्र से जुड़े सदस्यों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण के लिए लागू टैरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है यह बात श्री रावत ने पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण से सम्बन्धित बैठक के दौरान कही

यह समिति जल्द ही विस्तृत रूप से पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को उपलब्ध करायेगी